पोषण माह सितम्बर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जायेगा

अभियान में जिला विकासखंड और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण जागरूकता और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे पोषण माह में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जायेगी तथा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रोजाना समीक्षा भी होगी

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर अमी जारी है

साथ ही गुना अशोकनगर दमोह छतरपुर रायसेन राजगढ़ सीहोर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है